मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस योजना की शुरूआत करेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई श्री चौहान ने खंडवा खरगोन जिलों की स्थिति की समीक्षा की वहीं उन्होंने कहा कि मुरैना ग्वालियर भिंड और शिवपुरी में अभी अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने बाजारों में भीड़भाड़ न होने देने दूरी बनाये रखने और मास्क के उपयोग पर जोर दिया उन्होंने कहा कि किल कोरोना अभियान के सर्वेक्षण दल घर घर जाये और संदिग्ध लक्षण वाले लोगों का तुरन्त उपचार शुरू करायें श्री चौहान ने भोपाल के कोरोना मरीज को अस्पताल के बाहर छोड़ने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जांच के आदेश दिये और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी

मंदसौर जिले में किल कोरोना अभियान के तहत एक लाख से अधिक घरों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ग्वालियर कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए लॉकडाउन में सख्ती की जा रही है अब केवल दोपहर दो बजे तक ही बाजार खुले रहेंगे

सागर में किल कोरोना अभियान के सर्वेक्षण का चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत वरबड़े ने कल आकस्मिक निरीक्षण किया और सर्वेक्षण दल से पूछताछ की

उज्जैन में दो नये मामले सामने आये हैं

बाहर आने वाले किसी भी तरह के माल वाहनों और यात्रियों को नहीं रोका जायेगा

मंत्री विभाग बंटवारा प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज किये जाने की संभावना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल हवाईअड्डे पर पत्रकारों से चर्चा में ये जानकारी दी गौरतलब है कि विभागों के बंटवारे पर आलाकमान से चर्चा के लिए दिल्ली के दौरे से मुख्यमंत्री कल ही भोपाल लौटे हैं राजनाथ बैठक रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के सीमावर्ती इलाकों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों पुलों और सुरंगों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सड़क संगठन की बुनियादी ढांचे संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा करते हए उन्होंने कहा कि संगठन इस लक्ष्यं को प्राप्त करने के लिए पूरे जोश के साथ कार्य कर रहा है बैठक में सीमावर्ती इलाकों के साथ संपर्क की स्थिति की समीक्षा की गयी बैठक में चालू परियोजनाओं को बढ़ावा देने और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों पूलों और सुरंगों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने पर भी चर्चा हुई

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट संदेश में कहा कि मूल संदर्भ को बनाये रखते हए पाठयक्रम को तर्क संगत बनाने का फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि देश दुनिया में जो असाधारण स्थिति है

राशन समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टरों को उपभोक्ताओं को जून माह के राशन का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कल वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशन वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि क्छ जिलों से उपभोक्ता भंडार द्वारा गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही है जिनकों खत्म किया जाना चाहिए श्री चौहान ने लंबे समय से राशन सामग्री न लेने वाले उपभोक्ताओं के नामों की समीक्षा करने और नये पात्र उपभोक्ताओं के नाम जोड़े जाने की जरूरत बताई

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की

प्रदेष के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट आज स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के लिए भूमिपूजन करेंगे मौसम प्रदेश में मानसून की सक्रियता के कारण विभिन्न जिलों में लगातार बारिश जारी है मौसम विभाग ने भोपाल होशंगाबाद उज्जैन चंबल रीवा संभागों के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है

इसके तहत बड़ी संख्या में लोग श्रमदान भी कर रहे हैं